इस वर्ष का विषय है पूरक पोषण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समग्र विकास के लिये शिक्षा की ज़रूरत पर दिया बल कल गोरखपुर में गोरक्षनाथ साहित्यिक केन्द्र का किया लोकार्पण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने के लिये बनाए जा रहे हैं हेलीपोर्ट प्रदेश में पॉलिथीन बैग के उपयोग पर आज से लागू होगा पूर्ण प्रतिबंध सितंबर का महीना राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा इस वर्ष का विषय है पूरक पोषण वर्ष दो हजार बाईस तक देश से कृपोषण को हटाने के उद्देश्य से सम्पूर्ण पोषण के संदेश को जन जन तक पहंचाने के लिए प्रधानमंत्री का समग्र पोषण अभियान कई मंत्रालयों की भागीदारी से पिछले साल से चलाया जा रहा है पच्चीस अगस्त को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जागरूकता की कमी से गरीब और अमीर दोनों ही तरह के परिवारों पर क्पोषण का असर पड़ता है आज जागरूकता के अभाव में कुपोषण से गरीब भी और संपन्न भी दोनों ही तरह के परिवार प्रभावित हैं पूरे देश में सितंबर महीना पोषण अमियान के रूप में मनाया जायेगा आप जरूर इससे जूडिये जानकारी लिजिये कुछ नया जोडिये आप भी योगदान दीजिये अगर आप एकाध व्यक्ति को भी कृपोषण से बाहर लाते हैं मतलब हम देश को कृपोषण से बाहर लाते हैं आकाशवाणी समाचार से विशेष भेंट में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीं के पॉल ने कहा कि पोषण अभियान के तहत सरकार ने देश में कुपोषण के कारण बच्चों की शारीरिक विकास दर में रूकावट को पैंतीस से घटाकर पच्चीस प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है पोषण अभियान प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसके अंतर्णत हमारा फोकस पहले हजार दिन लाइफ के ऊपर होता है नौ महीने प्रेगनेंसी के और दो साल उसके बाद की उम्र के तो थाउसेंड डेज पर फोकस होता है सब प्रदेशों में पूरी तैयारी है आधी से ज्यादा प्रदेशों में इसको जन आंदोलन की तरह रूप देने के लिए अवेयरनेस का रूप देने के लिए चीफ मिनिस्टर्स खुद इसको इनोगरेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने पिछले साल मार्च में राजस्थान के झुंझनू से पोषण अभियान का शुभारंभ किया था प्रदेश में भी आज से तीस सितम्बर तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की सफलता के लिये लखनऊ में वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को संबोधित करके आवश्यक दिशा निर्देश दिये वर्ष दो हजार अट्ठारह में शुरू किये गये राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत दो हजार बाईस तक देश को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा पोषण अभियान चलाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण माह के संबंध में सभी स्टेक होल्डर्स विभागों की आयोजित इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग समन्वय स्थापित करते हुए अभियान की सफलता के लिये एकजुट होकर प्रयास करें उन्होंने कहा कि पोषण अभियान बाल स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस अभियान को स्कूल चलो अमियान से जोड़ा जाये मुख्यमंत्री ने जनपदों के प्रभारी मंत्रियों को भी र्पाषण अभियान से जोड़ने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि सही समन्वय से पोषण अभियान में वैसी ही सफलता मिलेगी जैसी प्रदेश में संचारी रोगों को नियंत्रित करने में मिली है मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को इस अभियान की लगातार मॉनीटरिंग करने और इसकी प्रगति की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समग्र विकास के लिये शिक्षा की जरूरत पर बल दिया है श्री योगी कल गोरखपुर में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के गोल्डन जुबली समापन समारोह और गोरक्षनाथ साहित्यिक केन्द्र के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे रजत जयन्ती समारोह की अव्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि रिक्षित व्यक्ति ही सभ्य और समग्र समाज का निर्माण कर सकता है श्री योगी ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं को पाद्यक्रमों को ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक और समाज सापेक्ष बना कर छात्रों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिये मुख्यमंत्री ने शिक्षाविदो और शिक्षकों का आहवान किया कि विमिन्न शैक्षिक और रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से आम लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से भी अवगत कराना चाहिये ताकि उन्हें इसका फायदा अधिक से अधिक मिल सके इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय की पत्रिका अरावली और बौद्व शिक्षा की वैश्विक प्रासंगिकता पर आधारित स्मारिका का विमोचन भी किया समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर धीरेन्द्र पाल सिंह ने भी विचार व्यक्त किये उधर सिद्वार्थनगर में मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि सरकार की सजगता से प्रदेश में इंसेफ्लाईटिस में भारी कमी आई है और दो तीन वर्षो में इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जायेगा इस अवसर पर श्री योगी ने जिले में एक सौ पचपन करोड़ रूपये की लागत से बनी तेरह सड़कों का लोकार्पण भी किया पर्यटन को बढ़ावा देने के उददेश्य से राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने के लिये हेलीपोर्ट बनाये जा रहे हैं योजना के तहत वाराणसी मथ्रा आगरा प्रयागराज और लखनऊ में बनने वाले हेलीपोर्ट हेलीपैड और एयरस्ट्रिप के लिये शासकीय और वित्तीय स्वीकृति मिल गई हैं हेलीपोर्ट बन जाने से पर्यटक राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आसानी से पहुंच सकेंगे इसके अलावा प्रदेश के विन्यांचल बरसाना और चित्रकूट में पीपीपी मॉडल पर रोप वे भी बनाये जा रहे हैं असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची जारी कर दी गई है इस सूची में लगभग तीन करोड़ ग्यारह लाख इक्कीस हजार लोगों के नाम शामिल हैं उन्नीस लाख छः हजार से अधिक लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं किये गये हैं इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपने दावे प्रस्तुत नहीं किये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के राज्य समन्वयक कार्यालय ने बताया कि असम में रजिस्टर सेवा केन्द्रों पर सुची की प्रतिलिपियां लोगों के लिए उपलब्ध हैं सुची में दर्ज नाम के बारे में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट एन आर सी ए एस एस ए एम डॉट एन आई सी डॉट आई एन से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है असम के मुख्यमंत्री सर्बनंद सोनोवाल ने अंतिम सूची से बाहर रह गये लोगों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा उच्चतम न्यायालय के दो हजार तेरह के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी प्रदेश में पॅलिथीन बैग के उपयोग पर आज से पूरी तरह प्रतिबंध लागू हो गया है राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस बारे में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं श्री अवस्थी ने कहा है कि इस आदेश के बाद भी जिन इलाकों में पॉलिथीन बैग का उपयोग जारी रहेगा वहां के स्थानीय थाना प्रभारी और संबंधित अधिकारियों को इसके लिये ज़िम्मेदार माना जायेगा और उनके विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जायेगी गत वर्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पॉलिथीन के उपयोग पर पाबंदी लगाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस दिशा में प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिये थे प्रदेश सरकार राज्य में परम्परागत खेलों को बढ़ावा देगी प्रदेश के खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेन्द्र तिवारी ने यह बात कल बलिया में मीडिया से बातचीत में कही उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल के मैदानों को विकसित किया जायेगा और गांवों में निर्धारित खेल मैदानों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी इन्हें भू माफियाओं से मुक्त कराने के लिये पंचायती राज विभाग का सहयोग भी लिया जायेगा श्री तिवारी ने कहा कि सरकार परम्परागत खेलों को जीवन्त करने के क्रम में अखाड़ों और व्यायामशालाओं के विकास पर भी ध्यान केन्द्रित करेगी राष्ट्रीय अतंराज्यीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के आखिरी दिन प्रदेश ने तीन स्वर्ण चार रजत और चार कांस्य पदक जीते इस चैम्पियनशिप में मेरठ की पारूल चौधरी दो स्वर्ण पदक जीतने वाली अकेली एथलीट हैं उन्होंने पहले दिन पांच हज़ार मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया था और आखिरी दिन तीन हज़ार मीटर की स्टीपलवेज में भी गोल्ड मेडल जीता इसके अलावा प्रयागराज के अभय सरोज और जौनपुर के रोहित ने भाला फेंक में प्रदेश के लिये गोल्ड मेडल हासिल किये प्रयागराज के आफताब आलम ने हैमर थ्रो और सुमित सिंह ने लांग जम्प में रजत पदक हासिल किया जबकि लखनऊ के ऋषिश्वर ने लांग जम्प में कांस्य पदक जीता है अगले वर्ष दिये जाने वाले दो हजार बीस के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए सरकार को अब तक पच्चीस हज़ार से ज़्यादा नामांकन मिल चुके हैं इन पुरस्कारों के लिये नामांकन या अनुशंसा जमा कराने की आखिरी तारीख पन्द्रह सितंबर है